श्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिये मोहल्ला और कॉलोनी स्तर पर ऑक्सिमीटर दिये जाने पर विचार किया जा रहा है इससे सर्वे कार्य में आसानी होगी यदि किसी रोगी में कोरोना संबंधी लक्षण मिलें तो उसे तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाने में मदद मिलेगी

मुरैना जिले में उपचार के बाद मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है

इस मशीन से कोरोना संकमण की जांच का परिणाम उसी दिन मिल सकेगा

राजगढ जिले के ब्यावरा में सुठालिया रोड के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है

जबलपुर संवाददाता के अनुसार मेडीकल कॉलेज से आज प्राप्त जांच रिपोर्ट में एक साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है

अब इन परीक्षाओं के लिये आगामी तिथियां जल्द ही घोषित की जाएगी

इसी के तहत मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली बिल की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में पहंचा रही है कंपनी के प्रबंध निदेषक विकास नरवाल ने आकाषवाणी को बताया कि राज्य षासन ने इसके लिये झाब्आ सिवनी और विदिशा जिलों का चयन किया है

उन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में सीधे लाभ हस्तांतरण के लिए किसानों के आधार नंबर खाता खसरा नंबर और बैंक खातों की जानकारी को अद्यतन किया जा रहा है यह कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आज से पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है

श्रद्वालू मंदिर में दर्शन के लिये मंदिर प्रबंधन से सम्पर्क कर अग्रिम बुकिंग करवा सकते हैं अनुविभागीय अधिकारी डॉ ममता खेड़े ने आकाशवाणी को बताया कि मंदिर में प्रवेश के लिये आधार कार्ड और मोबाइल लाना अनिवार्य होगा

मौसम मानसून दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रभाव से इंदौर होशंगाबाद जबलपुर शहडोल उज्जैन संभागों के जिलों में आज गरज चमक के साथ वर्षा हुई

बोवनी प्रदेश में मॉनसून का आगमन हो जाने के बाद किसान खरीफ सीजन के लिये बोवनी की तैयारियों में जुट गये हैं कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का प्रबंध किया गया है

साइबर नियम के अंतर्गत इसकी जांच की जा रही है

यह सूची आमजनों के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी नमस्कार